सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से लिया फीडबैक

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रदेश में आज एक बार फिर बारह हजार से अधिक कोविड संक्रमित मरीजों की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक लाख तीन सौ अठाईस नमूनों की जांच हुई जिसमें बारह हजार छह सौ चार संक्रमित मिले हैं संक्रमण की दर बारह दशमलव पांच छह प्रतिशत है यानी सौ लोगों में से बारह से अधिक लोग संक्रमित पाये जा रहे हैं आज सबसे अधिक पटना से एक हजार आठ सौ सैंतीस मामले सामने आये हैं पिछले दिनों की तुलना में यह संख्या अपेक्षाकृत कम है वहीं गया से सात सौ उनहत्तर पश्चिम चंपारण से छह सौ उनतालीस औरंगाबाद से छह सौ बाईस बेगूसराय से छह सौ ग्यारह और सारण से पांच सौ तैंतालीस मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में फिलहाल संक्रिय मामलों की संख्या चौरानवे हजार दो सौ पचहत्तर है कोविड उन्नीस महामारी की दूसरी लहर के दौरान आज देश में कोविड मरीजों की संख्या में कुछ कमी आयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में तीन लाख तेईस हजार से अधिक कोविड संक्रमितों की पुष्टि हुई जो कल की तुलना में तीस हजार कम है वहीं इसी अवधि में दो लाख इक्यावन हजार से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी एक दिन में दो हजार सात सौ से अधिक कोविड रोगियों की मौत हुई जिससे इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख संतानवे हजार से अधिक हो गया है वर्तमान में अठाईस लाख बयासी हजार से अधिक रोगियों की उपचार चल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश में कोरोना की स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी मौजूद रहे इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से कोरोना के वर्तमान हालातों और इससे निपटने के उपायों को लेकर चर्चा हुई प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में हर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से अलग अलग वार्ता कर संक्रमण की चेन को तोड़ने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया एक मई से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिये निबंधन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी इस चरण के तहत अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके दिये जायेंगे केन्द्र सरकार ने कहा है कि इस चरण के तहत टीका लेने वालों को पूर्व में निबंधन कराना अनिवार्य होगा बिना निबंधन के टीके नहीं दिये जायेंगे और इसके लिये टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन या आरोग्य सेतु एप के माध्यम से निबंधन करा सकते हैं राज्य में अब तक सड़सठ लाख छियालीस हजार सात सौ चौंतीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक लाख आठ सौ पचास लोगों को टीका लगाया गया इधर देश भर में अब तक चौदह करोड़ बावन लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड से बचाव के लिए अब घर में भी मास्क पहनने की सलाह दी है

हम बाहर की बात करते थे लेकिन संक्रमण जैसे ज्यादा है तो घर में भी बाइचांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो के घर में जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है बाकियों को भी लगाना है उसको दूसरे कमरे में रखना है नई दिल्ली एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक अनुराग श्रीवास्तव ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगवाने की अपील की है

एम्स पटना के डीन डॉक्टर उमेश भदानी ने कहा कि हाल के अध्ययनों के अनुसार देश में कोरोना का पीक पन्द्रह मई के आसपास आने की आशंका है इसे देखते हुए यदि संभव हो तो सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए नहीं तो क्षेत्रवार लॉकडाउन भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है वहीं एम्स पटना के ही डॉक्टर रवि कीर्ति ने तीन सप्ताह के लॉकडाउन की आवश्यकता जतायी है आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम अधिशासी कुसुमाकर दूबे का आज निधन हो गया कोविड संक्रमित पाये जाने के बाद उनका दरभंगा में इलाज चल रहा था उनके निधन पर आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मियों ने गहरी संवेदना जतायी है बेगूसराय सदर अस्पताल में आईसीयू डाइलेसिस सिटी स्कैन और एचआर सीटी सुविधा शुरू हो गयी है इन सुविधाओं के शुरू होने से कोविड मरीजों के इलाज में भी सुविधा होगी मुजफ्फरपुर जिले के दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्र गैस एजेंसी से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया है इस प्लांट से प्रतिदिन पांच सौ सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा पूर्णिया जिले में पन्द्रह मई तक शनिवार और रविवार को सम्पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था जारी रहेगी जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र में अब आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें अलग अलग दिन खुलेंगी

सर्वोच्च न्यायालय में आज देश में बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि वर्तमान संकट से निपटने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं तीन सदस्यीय पीठ ने मुख्य रूप से पांच बिंद्ओं पर सरकार से जवाब तलब किया है पीठ ने सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने गंभीर होती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए किये गये प्रयास रेमडेसिविर और फेवीपिराविर जैसी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता वैक्सीन के दामों में अंतर और एक मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए की गयी व्यवस्थाओं पर सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार इन मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम कर रही है और प्रधानमंत्री स्वयं पूरे मामले को देख रहे हैं केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये जानकारी दी

राज्य सरकार ने इस सूई की अस्पतालों के माध्यम से आपूर्ति करने का फैसला किया है इसके लिए अस्पतालों को अपनी जरूरत राज्य के औषधि नियंत्रक को भेजनी होगी इसके लिए मरीज का नाम पता आधार कार्ड कोविड संक्रमित होने का प्रमाण पत्र और डॉक्टरी पूर्जा भी देना होगा इधर सूई की दस हजार और वायल आज पटना पहुंच रही है राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में बनाये गये फ्लू कॉर्नर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया गया है उन्होंने बताया कि सभी समान्य चिकित्सक भी अपने कार्यों के अतिरिक्त फ्लू कॉर्नर और कोविड वार्ड में भी अपनी सेवा देंगे केन्द्र सरकार ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना से मौतों की वास्तविक संख्या छुपाने के लिए राज्यों पर दबाव दिया जा रहा है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को आधारहीन बताते हुए कहा है कि कोविड उन्नीस संबंधी सभी आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से दिये जाते हैं और इस पर केन्द्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है वहीं पीआईबी ने एक अन्य ट्वीट में उस दावों को भी खारिज किया है जिसमें कोविड को फाईव जी टावर टेस्टिंग का दुष्परिणाम बताया जा रहा है राज्य सरकार ने साठ साल से अधिक उम्र के मजदूरों को मनरेगा में फिलहाल काम नहीं देने का फैसला किया है ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह एक तात्कालिक फैसला है साथ ही खराब सेहत वाले मजदूरों को भी अभी काम नहीं दिये जायेंगे विभाग ने सभी जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक को कोरोना गाइडलाईन का सख्ती से अनुपालन करवाने का निर्देश दिया है इसके लिए जीविका दीदीयों की मदद लेने को कहा गया है पच्चीस मजदूरों पर एक जीविका दीदी की तैनाती के निर्देश दिये गये हैं साथ ही योजना के तहत काम कर रहे मजदूरों को सरकारी खर्च पर मास्क और साबुन देने को भी कहा गया है प्रदेश भर का मौसम सामान्यतः शुष्क बना हुआ है और अधिकतम तापमान अड़तीस से चालीस डिग्री सेल्सियस के बीच है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा उनतीस अप्रैल से पूर्वी बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है

पहले यह सांकेतिक रूप से एक लाख टन निर्धारित किया गया था सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि गेहूँ खरीद के लिए दो हजार दो सौ पचासी पैक्स का चयन हुआ है जिसमें एक हजार एक सौ पैंतीस पैक्स गेहू की खरीद करने लगे हैं शेष बचे पैक्स भी जल्द ही गेहू की खरीद शुरू करेंगे

संक्रमण की दर साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक

सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से लिया फीडबैक